पिछले महीने र्स जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का यह तीसरा संवाद है

उधर बीकानेर में संक्रमित पाये गए सभी व्यक्ति अब संक्रमण मुक्त हो चुके है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर का दौरा करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संकट की स्थिति में सुधार हो रहा है

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि सीमा वाले जिलों में चैकपोस्ट बनाए जाएंगे जहां सभी आने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा हर एक पटवारी अपने पटवार हल्का क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा यदि उसे किसी व्यक्ति के गांव वापस लौटने की सुचना मिलती है तो वह तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी को इसकी जानकारी देगा इस काम में बीएलओ पटवारी की सहायता करेगें शहरी क्षेत्र के लिए भी यही व्यवस्था होगी कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देनी होगी

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस में हर वर्ष होने वाली दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी इस वर्ष नहीं की जाएगी सरकारी निजी साझेदारी वाले सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों से भी कहा गया है कि आगामी शैक्षिक वर्ष में किसी भी पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई जाए

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

कल देर शाम कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई सीकर में कई स्थानों पर ओले गिरने तथा तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने के भी समाचार मिले है